बड़े पैमाने पर आयोजित होंगे रोजगार मेले

कल भी सूर्य के उत्तरायण होने के साथ होंगे धार्मिक आयोजन कुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुम्भ मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं एक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कृम्भ मेला अखाड़ों के शाही स्नान के साथ कल से शुरु होगा कल रात से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है

कृम्भ मेले का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का एफएम रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवाणी ने पहली बार क्म्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन कुम्भ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरु करेगा रोजगार मेला प्रदेश में अब शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बड़े पैनामें पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा नीरज मण्डलोई ने जिला कलेक्टरों को स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना में कॅरियर अवसर मेले आयोजित करने के निर्देश दिये है कलेक्टरों से कहा गया है कि मेले के लिये आयोजन समिति के संरक्षक के रूप में सहयोग प्रदान करें प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये हैं कि कॅरियर अवसर मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवायें आयोजन समिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सेडमेप औद्योगिक केन्द्र विकास निगम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जिला रोजगार कार्यालय और सीआईआई एवं शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाये सज्जन लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रद्षण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी श्री वर्मा आज कारखानों से नदी नालों में हो रहे प्रदूषण का निरीक्षण करने रायसेन जिले के औधोगिक क्षेत्र मंडीदीप पहुंचे

मण्डीदीप में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औधोगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रयास एवं प्रद्षण नियंत्रण के कार्य में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं का विश्लेषण कर उन्हे दूर किया जायेगा आरक्षण गुजरात गुजरात सामान्य श्रेणी के गरीब उम्मीदवारों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है

पालक मेला रायसेन जिले के सभी स्कूलो में पालक मेले का आयोजन किया गया मेले का उद्देश्य पालकों को बच्चों की स्कूल में पढ़ाई उपस्थिति आदि की जानकारी से अवगत कराने के साथ ही बच्चो में पढ़ाई के प्रति रुझान पैदाकर ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिससे वच्चा स्कूल के अलावा घर भी परीक्षा की तैयारी कर सके

श्री राठौर ने बताया है कि पात्र किसानों की बकाया ऋण राशि की स्थिति स्पष्ट होने पर तत्काल किसानों के व्यक्तिगत खातों में ऋण माफी की राशि ट्रांसफर की जायेगी

यह त्यौहार कल भी मनाया जायेगा इस मौके पर विभिन्न नदियों के घाटों पर लोगों आस्था से डुबकी लगाई और दान पुण्य किया मकर संक्राति का त्यौहार जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है तब मनाया जाता है इस अवसर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लगने वाले प्रसिद्व बरमान मेला हो गया है मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कल उज्जैन मे क्षिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्दालुओं को शुभकामनायें दी

मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं यहां पुलिस बल के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है उधर खंडवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गणेश गौशाला में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया जिसमें गौ पूजन कार्यक्रम हुआ यहां लोग तिलगुड़ और अन्य सामग्री का दान करते है मकर संकाति पर धार जिले में परम्परागत अनुसार पतंगबाजी की गई कल दिनभर फिर लोग पतंगबाजी करेंगे वहीं शिवपुरी में कल दिव्यांग छात्रावास के बच्चों के साथ लोगों ने मकरसंकाति का पर्व मनाया पन्ना जिले में भगवान जुगलकिशोर मंदिर में मकर संकान्ति के अवसर पर श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा डिण्डौरी में नर्मदा नदी के घाटों पर भक्तो ने स्नान किया वहीं सिवनी में बैनगंगा नदी पर श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की रायसेन में भी मकर संक्रान्ति का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया उधर सीहार में भी मकर संकाति के अवसर पर लोगो ने तिल गुड़ और खिचड़ी दान की कल भी यह सिलसिला जारी रहेगा दर्घटना हिना विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे का काफिला कल रात हादसे का शिकार हो गया इसमें तीन पुलिस कर्मी और एक वाहनचालक की मौत हो गई जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया जानकारी के मुताबिक विधानसभा उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र लांजी से वापस लौट रही थीं तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनके काफिले में टक्कर मार दी सुश्री कांवरे की सुरक्षा मे चल रहे पहले वाहन में सवार तीन पुलिसकर्मियो और एक वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई मृतकों में सब इंस्पेक्टर हर्षवर्द्वन सोलंकी हेड कांस्टेबल हामिद शेख कांस्टेबल राहुल केलारी और वाहन चालक सचिन शामिल है बालाघाट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह दुर्घटना सालेटीका गांव के पास हुई इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई पार्टियों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है

जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पाक्स पोलियो और मातु शिश् टिटनेस बीमारी का अंत किया गया है उसी प्रकार मीजल्स रूबेला का भी अंत किये जाने का संकल्प लिया गया है

मौसम प्रदेश के कई हिस्सो में तेज ठण्ड का असर बना हुआ है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दतिया और नौगांव में दर्ज किया गया राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा मौसम केन्द्र भोपाल ने अगले चौबीस घण्टों में छतरपुर भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना जताई है

गृहमंत्री बाला बच्चन ने आज महाकाल के दर्शन किये उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सिंहस्थ के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये

इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी

इस ट्रेन के अलावा बिलासप्र जोन की गेवरा रोड अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और गोदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी चयन किया गया है